अगले दो दिनों में देहरादून टिहरी पौड़ी चमोली नैनीताल उधमसिंह नगर चम्पावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी आम लोगों के लिए आगामी चार अक्टूबर से पंतनगर जौलीग्रान्ट चिन्यालीसौंण नैनीसैनी और श्रीनगर गढ़वाल से हवाई सेवा होगी शुरू मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनांए है अनुबंध दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के उददेश्य से उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और इग्नुरान सॉर्टिंग टैक्नोलॉजी एलएलपी के बीच अनुबन्ध किया गया है इस अनुबंध के बाद प्रदेश में नर पशुओं की संख्या नियंत्रित कर मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के प्रयास किए जांएगे ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और दसी उच्च नस्ल के पशुओं का संरक्षण किया जा सके केंद्र सरकार की पहल से नेशनल मिशन ऑन बोवाईन प्रोडक्टिवीटी के अंतर्गत यह परियोजना शुरू की गई है वर्तमान में उतराखण्ड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये परियोजना स्वीकृत की गई है इसका मुख्य उद्देश्य देसी पशुओं के लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन कर उसको गाय और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर अधिक से अधिक मादा पशुओं को पैदा करना है जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार गोवंशों का उपयोग किसानों की आजिविका को बढ़ाने के लिए कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी बूचड़खाने को खोलने की मंजूरी नहीं दी जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य में गोवंश के संरक्षण के लिए देहरादून हरिद्वार और उधमसिंह नगर में स्पेशल स्क्वॉड बनाये गये हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग की सुरभि कामधुक् पुस्तक का विमोचन किया और उन्नतशील किसानों को सम्मानित भी किया

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में देहरादून टिहरी पौड़ी चमोली नैनीताल उधमसिंह नगर चम्पावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है बहुत भारी बारिश होने की आशंका के मददेनजर पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही करने वाले लोगों और मैदानी इलाकों के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है इधर भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और आपदा की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं इस बीच आज दोपहर बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की सूचना मिली है उधर बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा मार्ग बार बार यातायात के लिए प्रभावित हो रहा हैं बेटी बचाओ बेटी पढाओ केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का खासा असर चंपावत जिले में भी दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना के विस्तार के बाद लोगों में बेटी के जन्म लेने से लेकर उन्हें पढ़ाने तक की सोच में बड़ा बदलाव आया है

आम लोगों ने भी सरकार की इस योजना को सराहनीय पहल बताया है

इस देशव्यापी अभियान का मकसद बेटी के जन्म को जश्न के रुप में मनाना और उन्हें शिक्षा देकर सक्षम बनाना है बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के साथ पुरूषों के समान अधिकार देने से आज महिलांए भी देश को सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भीमताल में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के अन्य हिस्सो में हवाई सेवा शुरू करने के लिये नए स्थानों का चिन्हीकरण किया जा रहा है श्भारम्भ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाए हैं उन्होंने कहा कि चारधाम पाताल भुवनेश्वर सहित राज्य में विभिन्न स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं वे फिल्म शूटिंग और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से भीमताल में आयोजित मिनी कान्क्लेव को संबोधित कर रहे थे श्री रावत ने कहा कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन पर रोक लगेगी उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए सरकार लगातार काम कर ही है श्री रावत ने बताया कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग से संबंधित सभी औपचारिकताएं एकल खिड़की के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर पूरी की जा रही हैं नमामि गंगे चमोली जिले में नमामि गंगे अभियान के तहत कर्णप्रयाग तहसील के कालेश्वर ग्राम पंचायत में आज बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया गया इस दौरान एक हजार फलदार और छायादार पौधे रोपे गए अभियान में छात्रों महिलाओं और स्थानीय जनता ने उत्साह से भाग लिया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे कालेश्वर गांव को निर्मल गांव घोषित किया गया है उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके भूमि कटाव को रोकने में भी मदद मिलती है

हर गंगे सफाई अभियान के तहत सड़कों पर बिखरा कूड़ा उठाया गया नगर आयुक्त ने शहर के विभिन्न स्वंय सेवी संगठनों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की